एयर इंडिया की उड़ानों का संचालन आज शाम तक सामान्य हो जाने की संभावना है एयर इंडिया के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि आज तड़के सुबह साढे तीन बजे सरवर सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया का संचालन प्रभावित हुआ थाजिसे आठ बज कर पैंतीस मिनट पर ठीक कर लिया गया

श्री लोहानी ने कहा कि उड़ानें का समय पुनर्निधारित किया गया और यात्रियों को उसकी सूचना दे दी गई उन्होंने कहा कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए प्रबंधकों को बेहद खेद है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस लोकसभा चुनाव में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सर्वाधिक अधिक उनतीस तथा करनाल से सबसे कम सोलह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं हमारे संवाददाता के अनुसार निर्वाचन अयोग द्वारा विभन्न राजनीतिक पार्टियों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी अलाट किया गए हैं

आज नई दिल्ली में सात पूर्व सैन्य अधिकारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए रक्षा मंत्री ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए उनकी सेवाओं को याद किया और कहा कि उनके अनुभवों से पार्टी को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि उनकी विशेष अनुभव राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को बेहतर बनाने में पार्टी का मार्गदर्शन करेगा

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सिरसा संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉ अशोक तंवर ने ऐलनाबाद हल्के के कई गांवों का दौरा किया गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना सडकों का निर्माण करवाना और ऐलनाबाद से सिरसा तक रेललाईन बनवाना उनकी प्राथमिकता है

उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद हल्के की सडकों की हालत खराब है पिछले पांच साल में इस क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नही दिया गया

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान एक नए भारत के निर्माण की नींव रखी है और समय आने पर भारत की ताकत को भी दिखाने का काम किया है चाहे फिर वह सर्जिकल व एयर स्ट्राईक हो या फिर अंतरिक्ष में मिसाइल से सैटेलाईट गिराने की बात हो हर तरफ केंद्र सरकार ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है श्री गूर्जर आज अपने चुनावी अभियान तहत गांव खोरी जमालपुर चौपाल सिरोही आलमपुर टीकरी खेड़ा कोट धौज पाखल पावटा गोठडा मोहब्बताबाद नया गांव आदि में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे चीन के पेईचिंग में चल रहे आईएसएसएफ वल्ड कप में आज अभिषेक वर्मा दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिटी करने वाले भारत के पांचवें निशानेबाज बन गए हैं उन्होंने दो सौ बयालीस अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है रशिया के खिलाड़ी ने दो सौ चालीस अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया जबकि कोरिया के खिलाड़ी ने फाईनल मैच में दो सौ बीस अंक बनाकर कांस्य पदक जीता

विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफैसर राजकुमार ने बताया कि उप राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलपति एम वैंकेया नायडू छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे

इस दीक्षांत समारोह में एक हजार बीस विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी

इस परीक्षा में लगभग साढे नौ हजार परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे जिसके लिए तीस परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं

इस वर्ष पहली बार विश्वविद्यालय ने पंजाब से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चण्डीगढ से बाहर परीक्षा केन्द्र स्थापित किए हैं अंबाला शहर व शम्मू रेलवे स्टेशनों के बीच अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते अम्बाला छावनी से गुजरने वाले अनेक रेलगाड़ियों को कल रद्द किया गया है इसके अलावा कुछ रेलगाड़ियों के रूट भी बदले गए हैं वरिष्ठ डीसीएम हरि मोहन ने बताय कि बठिंडा अंबाला पैसेंजर पटियाला अम्बाला कैंट पैसेंजर अम्बाला कैंट बठिंडा पैसेंजर रेलगाड़ियां कल रद्द रहेगी उन्होंने ये भी बताया कि कई गाड़ियों को कुछ समय रोक कर चलाया जाएगा

उन्होंने बताया कि दो हजार नो सौ अठावन लाईसेंसी हथियान भी जमा करवाए गए हैं